यह प्रसारण एआईआर लाइव न्यूज और आकाशवाणी के यू ट्चूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली उन्होंने एक ट्वीट में राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं उधर उप राष्ट्रपतिएम वेंकैया नायडू गृहमंत्री अमित शाह विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कल टीके लगवाए

इधर दो सांसदों ने भी अपना टीकाकरण कराया लोकसभा सदस्य संजय सेठ ने रांची के सदर अस्पताल में ही अपना निबंधन तथा टीकाकरण दोनों कराया वहीं लोकसभा सदस्य निशिकांत दूबे ने दिल्ली के प्राइम्स अस्पताल में टीका लगवाया

इन सभी का टीकाकरण होना है

वहीं पांच अस्पताल सीजीएचएस में सूचीबद्ध हैं

कोविन दो दशमलव शून्य पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए दौ सौ पचास रुपये प्रति टीका ले सकते हैं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सैतीस नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ छियासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल छयालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टडी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार चार सौ ग्यारह पहुंच गई है राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार नब्बे है राज्य में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ पचासी पहुंच गई है रिम्स समेत राज्य के मेडिकल कालेजों के सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों ने कल से आंदोलन की शुरुआत कर दी है

तीन सालों के एरियर की मांग को लेकर चिकित्सकों ने आंदोलन शुरू किया है इसमें राजधानी रांची स्थित रिम्स के अलावा पीएमसीएच धनबाद एमजीएम जमशेदपुर और द्मका पलामू तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं एक माह पूर्व रिम्स में हुई शासी परिषद की बैठक के बाद जूनियर डाक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक से मुलाकात कर एरियर भुगतान करने का आग्रह किया था

यह एक बेहतरीन शुरुआत है और इससे खिलौना उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा

मेले ने विश्व के समक्ष भारत की खिलौना निर्माण के क्षेत्र में समृद्ध क्षमताओं को प्रस्तुत किया है

इस दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा भी रहा इसी हंगामे के बीच सदन में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सात हजार तीन सौ तेइस करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया सरकार सदन में अनुपूरक बजट तब पेश करती है जब विभिन्न योजनाओं के लिए आम बजट पर्याप्त नहीं होता अगले वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड का बजट कल विधानसभा में पेश किया जाएगा

इसमें से लगभग तीन हजार छह सौ सतहत्तर करोड़ रुपये की राशि तेईस राज्यों को जारी की गई है जबकि तीन सौ बाईस करोड़ रुपये से अधिक की राशि तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुदुच्चेरी को दी गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं

प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताया है

रांची रेल मंडल में आधुनिक तकनीक से लैस डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार को कल डीआरएम नीरज अंबष्ट ने हटिया रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई इस टावर कार में एक सेंसर युक्त कैमरा लगा है जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम में आने वाले फाल्ट को पलक झपकते ढूंढ लेगा टावर कार के केबिन में लगा मानीटर इंजीनियरों को ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम की खामी से अवगत करा देगा कोडरमा के जयनगर में हाथियो के आतंक से लोग को परेशान हैं हजारीबाग कोडरमा के सीमावर्ती क्षेत्र खरपोका में हाथियों का झुंड ईख फसल लगी खेतों में ठहरा हुआ है

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को भगाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली

हॉकी में आज यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा यह मैच भारतीय समयानुसार आज रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा

कोयलांचल के साथ ही संताल के सभी जिले में भी मौसम गर्म रहेगा

देश में कल से शुरू हए कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की खबर को आज प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है पीएम मोदी ने लिया कोविड का टीका लोगों में बढ़ाया भरोसा शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है एम्स में को वैक्सीन से मोदी का टीका वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री के टीकाकरण की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है सीआईसीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है आइसीएसई की बारहवीं की परीक्षा आठ अप्रैल से मुख्य थ्योरी और दसवीं की परीक्षा पांच मई से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

देशभर में कोविड के अबतक मिले कुल मामलों की संख्या एक करोड़ ग्यारह लाख से अधिक पहुंचने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है